प्रदेश के सभी जिलों में लगेगा एक एक सहकारी मेला इन मेलों के जरिए ऑर्गेनिक खेती से जुड़े किसानों को किया जाएगा प्रोत्साहित

अल्मोड़ा के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में शिकायतों के लिए लगेगा ड्रॉपबॉक्स एस एस पी ने दिये निर्देश सीएम कार्यक्रम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सेना का सम्मान करना देश का सम्मान करना है हमारी सेना ने हमेशा शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए देश का मान बढ़ाया है देहरादून में राज्य स्थापना सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम मेरे सैनिक मेरा अभिमान में मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति की ही पूजा होती है जिस देश की सैन्य शक्ति मजबूत है दुनिया उसे सम्मान देती है सेना मजबूत होने से ही देश मजबूत रहेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम का नाम लिया था देहरादून में सैन्य धाम बनने जा रहा है

बजट का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है सैनिकों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी तैनात किया है सरकार शहीद सैनिकों और अर्ध सैनिकों के एक परिजन को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीद डिप्टी कमांडेंट भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी स्वाती भट्ट को प्रदेश सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र दिया सहकारी मेला प्रदेश के सहकारिता उच्च शिक्षा दुग्ध विकास एवं प्रोटोकॉल राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि हर जिले में एक एक सहकारी मेला लगेगा इसकी शुरूआत इसी साल से हो रही है देहरादून में सहकारिता विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि इन मेलों में ऑर्गनिक खेती से जुड़े किसानों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष फोकस किया जाएगा

श्री रावत ने कहा कि अभी तक यह मेले केवल देहरादून जिले में ही आयोजित होते थे इन मेलों का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना है उन्होंने बताया कि इन मेलों में प्रत्येक राज्य का एक एक स्टॉल लगाने का भी निर्णय लिया गया है उन्होंने अधिकारियों को इन मेलों के लिए अपनी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये च्नाव बैठक पिथौरागढ़ में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई है जिला सभागार में उपचुनाव को लेकर नोडल अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गयी जिसमे जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने नोडल अधिकारियों से चुनाव की तैयारियों के सम्बंध में जानकारी ली उन्होंने निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी जल्द से जल्द चुनाव की तैयारियों को पूरा करें जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से पूर्ण कराने के पूरे प्रयास किये जा रहे है साथ ही इस सम्बंध में चुनाव आयोग के निर्देशों का भी पालन किया जाएगा

बैठक हरिद्वार हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के संबंध में जिलाधिकारी दीपेन्द्र चौधरी ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि रिजर्व वन क्षेत्र से लगे आबादी वाले क्षेत्रों में मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और वन विभाग द्वारा शासन को भेजे गये प्रस्ताव की एक एक प्रति जिला प्रशासन को भी उपलब्ध कराई जाए वन विभाग के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि श्यामपुर रिजर्व वन क्षेत्र में गंगा पार कर आबादी क्षेत्र में वन्य जीव प्रवेश न करें इसके लिए विभाग के सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है हाथियों को आबादी वाले क्षेत्र में आने से रोकने के लिए हाथी रोधक सुरक्षा दीवार और सोलर फेंसिंग के साथ साथ बैरियर का भी प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है

हाईकोर्ट डेंग् हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग से दो सप्ताह में शपथपत्र पेश करने तो कहा है हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से पूछा है कि डेंगू होने के कारण क्या है और इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते है मामले के अनुसार यूथ बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य में डेंगू के कारण कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है याचिकाकर्ता का कहना है कि डेंगू रोकथाम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए इसमें अनुभवी डॉक्टर नियुक्त किए जाए ताकि सभी पीड़ितों की जांच हो सके और उन्हें इलाज मिल सके याचिका में डेंगू से मृत लोगों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है चुनाव प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नाम वापसी का दिन था अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नाम वापस नहीं लिया

उधर बागेश्वर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ ही क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख के चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रेक्षकों की तैनाती कर दी गयी है

प्रतियोगिता में डोईवाला ऋषिकेश घाट रायपुर कोटद्वार और गोपेश्वर महाविद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया था इससे पहले सेमीफाइनल में डोईवाला ने रायपुर को जबकि दूसरे सेमीफाइनल में ऋषिकेश ने गोपेश्वर को हराया था विजेता टीम को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया

चीन में नौकरी और व्यवसाय के लिए भी हिंदी की अहमियत बढ़ी है चीन से भारत लौटे प्रोफेसर नवीन लोहनी ने बागेश्वर में एक पत्रकार वार्ता में यह बात कही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष और शंघाई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर नवीन लोहनी ने बताया कि आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी का प्रचार बढ़ा है

उन्होंने बताया कि बच्चे भी हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के जानकार अनुवादक के पदों पर भी कार्य कर रहे हैं

अपराध गोष्ठी और मासिक सम्मेलन में एस एस पी ने उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी समस्याएं पूछी

स्थापना दिवस तैयारियां रुद्रप्रयाग में राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर को हुई बैठक में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने निर्देश दिये कि कार्यक्रमों में जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए

इसमें सभी विभागीय स्टॉल के साथ साथ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वन स्टॉप सेन्टर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जल संरक्षण व संवर्धन के विशिष्ट स्टॉल लगाये जाएंगे गैरसैंण टीम उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में आयोजित होने वाली क्विज प्रतियोगिता में चमोली जिले का प्रतिनिधित्व राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण की टीम करेगी यह प्रतियोगिता सात और आठ नंवबर को होगी आज गोपेश्वर में आयोजित जनपदस्तरीय क्वीज प्रतियोगिता में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण की टीम ने प्रथम स्थान हासिल कर राज्यस्तरीय क्वीज प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया